सम्मेलन का विषय है मानव केन्द्रित भावी समाज प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई राष्ट्र प्रमुख दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

इसमें चार सत्रों में वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार और निवेश डिजिटल अर्थव्य्वस्था और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में नवाचार असमानता को दूर करने समावेशी और सतत विश्व का सपना साकार करने जलवायु परिवर्तन ऊर्जा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा इस सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख सहयोगी देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे उनका आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित कई अन्य नेताओं से भी मिलने और आपसी तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री आज त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति ब्लामदीमिर प्रतीन के साथ बैठक करेंगे मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जांवड़ेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है सौर ऊर्जा मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देने के साथ प्रदेश में ही खपत सुनिश्चित करने के प्रयास करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि चयनित विकासखण्डों में सौर परियोजनायें स्थापित की जाएँ

श्री नाथ ने कहा कि विकेन्द्रीकृत सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए

पुलिस बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूलिस विभाग से बेहतर नतीजों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की नई तकनीक का उपयोग करने को कहा है उन्होंने कल भोपाल में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गो के प्रति संवेदनशीलता के विषय पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिन के प्रशिक्षण कार्यकम के समापन पर कहा कि नये अनुसंधान का फायदा वंचित वर्गो को न्याय दिलाने और उनकी रक्षा में किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने अनुसूचित वर्गो के प्रकरणों में राहत राशि राजस्व विभाग की बजाय पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पीड़ित पक्ष को दिलाये जाने की मांग से सहमति जाहिर की और कहा कि इस संबंध में निर्देश दिये जायेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का चेहरा सहानुभूति और संवेदनशीलता लिये होना चाहिए

इस पर आज सुनवाई की संभावना है नगरनिगम अधिकारियों से मारपीट के मामले में विधायक की ओर से कल इन्दौर के सत्र न्यायालय में जमानत का आवेदन दिया गया था दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का सवाल उठाकर इस मामले को भोपाल में जनप्रतिनिधियों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित न्यायालय में भेजने का फैसला किया इस बीच भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में आज धरने का ऐलान किया है

इसके साथ ही भारत सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गया

मोहम्मद शमी ने चार जबकि जस्प्रीत बुमरा और यजुवेन्द्र चहल ने दो दो विकेट लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से बीस हजार रन बनाने की उपलब्धि भी हासिल की भारत छह मैचों में ग्यारह अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है सात मैच में तीन अंक के साथ वेस्टेइंडीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है आज दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से होगा मौसम मध्यप्रदेश में मानसून की गति धीमी है मगर कल राजधानी में शाम होते होते तक आसमान पर छाये बादल बरसे जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश होने से गर्मी का असर कम हुआ है

इन्दौर में कल दोपहर दो सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गई मौसम विभाग ने इन्दौर में बारिश का सिलसिला बने रहने का अनुमान जताया है वहीं आज प्रदेश के उज्जैन नीमच रतलाम शाजापूर देवास मंदसौर आगर धार खंडवा खरगौन अलीराजपूर झाबुआ बडवानी बुरहानपुर समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है

उन्होंने प्राथमिक गौशालाओं के निर्माण की वास्तविक स्थिति की जानकारी देने को कहा